प्रधानमंत्री कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद आज ही के दिन दो हजार चौदह में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बेहतर इच्छाशक्ति और पूरी ईमानदारी से सुखद भविष्य और जनहित के निर्णय लिए जिनसे नए भारत के निर्माण की शुरुआत हई है प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार में अडिग विश्वास व्यक्त करने के लिए नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि लोगों का समर्थन और लगाव समूची सरकार की प्रेरणा और शक्ति के सबसे बड़े स्रोत हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की जनता की सेवा पहले जैसी निष्ठा और शक्ति के साथ करती रहेगी वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार के चार वर्ष पूरे होने और पांचवें साल में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित आम जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत को एक नई पहचान मिली है इस बीच भारतीय जनता पार्टी की रायपुर जिला इकाई द्वारा केंद्र सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर आज से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार के चार वर्षो के कार्यकाल की खामियां गिनाई उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है श्री पुनिया ने छत्तीसगढ की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के दबाव में ही किसानों को बोनस दिया गया संचार क्रांति योजना मुख्यमंत्री प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सभी नियमित विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना स्काई के पहले चरण में ही स्मार्ट फोन दिए जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में आगामी जुलाई महीने में पूरे प्रदेश में मोबाइल तिहार मनाने के निर्देश दिए हैं अधिकारियों के बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी नियमित विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे विद्यार्थियों को भी हाउस होल्ड स्मार्ट फोन बांटने का निर्णय लिया गया है सीबीएसई नतीजे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं इसमें लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी है नोएडा की मेघना श्रीवास्तव ने पांच सौ में से चार सौ निन्यानवे अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है लड़कों के अटहत्तर दशमलव निन्यानवे प्रतिशत के मुकाबले लड़कियों ने अठासी दशमलव तीन एक प्रतिशत के साथ अधिक सफलता प्राप्त की है क्ल मिलाकर सफलता का प्रतिशत तिरासी दशमलव शुन्य एक है जो पिछले वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत अधिक है विद्यार्थी सीबीएसई की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं ओपन स्कूल परिणाम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने दसवीं और बारहवीं मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने आज रायपुर में परीक्षा परिणाम की घोषणा की बारहवीं के परिणाम बावन दशमलव आठ दो और दसवीं के परिणाम छियालीस दशमलव आठ दो प्रतिशत रहा बारहवीं में जगदलपुर के अनंत राम ने इंक्यानवे प्रतिशत अंक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है वहीं दसवीं में जशप्र के नवीन ठाकर बयासी दशमलव शुन्य आठ अंक प्राप्त कर पहले स्थान पर रहे बारहवीं के परिणाम में पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसी तरह दसवीं में पिछले साल के मुकाबले चार दशमलव आठ दो प्रतिशत अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तबादला राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन और भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी के प्रभार बदल दिए हैं मार्कफेड के अतिरिक्त प्रबंध संचालक सत्यनारायण राठौर को दृग्ध महासंघ का महाप्रबंधक बनाया गया है मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक अभिजीत सिंह को रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है जबकि राज्य विद्यत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अंकित आनंद को क्रेडा के सीईओ के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है वहीं आईएफएस अधिकारी आलोक कटियार को क्रेडा का नया सीईओ बनाया गया है जिले की चिट्ठी आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा इसे छत्तीसगढ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे इस बार के अंक में कोंडागांव जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी

इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सुचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और डीडी न्यूजे के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट पर भी किया जाएगा रेरा पंजीयन छत्तीसगढ़ भू सम्पदा नियामक प्राधिकरण रेरा में रियल एस्टेट की सभी चालू और नई परियोजनाओं के पंजीयन के लिए निर्धारित समय सीमा में अब और कोई वृद्धि नहीं की जाएगी पंजीयन के लिए इकतीस मई आखिरी तारीख है प्राधिकरण के रजिस्टार अजय अग्रवाल ने बताया कि प्रोजेक्ट पंजीयन के लिए प्रमोटर्स को पर्याप्त समय दिया जा चुका है इसलिए अब समय सीमा में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी निर्धारित समयावधि तक पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर संबंधित प्रमोटर्स पर शास्ति आरोपित की जाएगी वर्तमान में ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स जिन्हें एक मई दो हजार संत्रह के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं उनका पंजीयन अनिवार्य है जीएसटी बिल वस्त् और सेवा कर अधिनियम जीएसटी के तहत दो सौ रूपए से ज्यादा का सामान बेचने पर दकानदार या व्यापारी को नियमानसार बिल अनिवार्य रूप से जारी करना होगा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रावधान का उल्लंघन होने पर ग्राहक इस बारे में आयुक्त राज्य कर के दफ्तर में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है इसके लिए टोल फ्री नम्बर भी जारी कर दिया गया है ग्राहक शिकायत ई मेल के जरिए भी भेज सकते हैं शिकायत मिलने पर परीक्षण किया जाएगा और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कार्यशाला किसानों की आय वर्ष दो हजार बाईस तक दोगुनी करने के मिशन के तहत रायपुर स्थित कृषि महाविद्यालय के सभागार में दो दिवसीय कार्यशाला की शुरूआत की गई है कृषि विभाग और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा आयोजित कार्यशाला के उदघाटन सत्र में कृषि उत्पादन आयक्त सुनील कज़ुर ने कहा कि किसानों की आय दोग्नी करने के लिए सुनियोजित कार्ययोजना तैयार कर कृषि संबंधित सभी विभागों और संस्थाओं को मिल जूल कर काम करना होगा आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा छह माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा यह सर्टिफिकेट इन कम्यूनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम इग्नू से किया जाएगा अधिकारियो ने बताया कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से उप स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रुप में विकसित करने और समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत रायपुर जिले के सभी नगरीय निकायों में कल सत्ताईस मई को विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा इन शिविरों में योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी नया रायपुर पुरस्कार नया रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजना को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नया रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजना को सर्वेश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव अवॉर्ड नई दिल्ली में आयोजित चौथे स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो में दिया गया परियोजना को यह राष्ट्रीय पुरस्कार नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में की जा रही अभिनव पहल और कन्ट्रोल एंड कमांड सेंटर के सफल संचालन के लिए दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान मंडी स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश की मंडियों और उप मंडियों की साफ सफाई के लिए अभियान चलाया जाएगा कृषि मंत्री बुजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को साफ सफाई अभियान तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं अभियान के दौरान मंडी कार्यालयों और अन्य भवनों का रंग रोगन भी किया जाएगा इसके बाद साफ सफाई व्यवस्था का परीक्षण कर सबसे अच्छी साफ सफाई वाली मंडियों को पुरस्कृत किया जाएगा संक्षिप्त समाचार दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक माओवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया है